निर्वाचन आयोग चुनाव सुधारों के बारे में सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक करेगा आयोग ने आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों से मतदाता सूचियों में त्रुटिहीनता पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार लाने के उपायों पर राय मांगी है इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में भी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी बैठक करेंगे बैठक में मतदाता सूची के संक्षिप्त प्रनरीक्षण ईवीएम वीवी पैट और नये मतदान केन्द्रों की मंजूरी सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा होगी केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा डाटा के दुरूपयोग के मामले को गम्भीरता से लिया है अर्जेंटिना के साल्टा में चल रही जी ट्वेंटी देशों के मंत्रियों की बैठक में श्री प्रसाद ने कहा कि जो भी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट का आपराधिक उपयोग आज एक वास्तविकता बन चुकी है जिसे रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का निलंबन अनिश्चितकाल तक के लिए नहीं हो सकता है यह एक सीमित अवधि के लिए ही प्रभावी होगा न्यायमूर्ति एएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में कहा कि यदि सरकार को लगता है कि आरोपी सब्रतों से छेड़छाड़ कर सकता है तो उसे असंवेदनशील पद पर रखा जा सकता है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में नब्बे दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है केन्द्र सरकार भारत माला योजना के तहत औरंगाबाद से नेपाल की सीमा के पास स्थित मधुबनी के जयनगर तक फोरलेन सड़क का निर्माण करवायेगी इसका नाम नार्थ साउथ कॉरिडोर रखा गया है पहले इस सड़क को दरभंगा तक ही बनाने का फैसला लिया गया था लेकिन बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे जयनगर तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी है औरंगाबाद से शुरू होकर यह सड़क जीटी रोड से भी जुड़ जायेगी इस तरह दिल्ली से बिहार होते हुये ये सड़क नेपाल तक के लिए चार लेन की हो जायेगी पूर्व मध्य रेलवे चौबीस सितम्बर को यूटीएस आधारित मोबाईल टिकट सेवा सुविधा की शुरूआत करेगा यूटीएस एप्लिकेशन के माध्यम से लोग अनारक्षित टिकट अपने मोबाईल से कटा सकेंगे पटना के आसरा गृह मामले में एसआईटी को संचालिका मनीषा दयाल द्वारा सरकार से मिले बत्तीस लाख रूपये में से अठाईस लाख रूपये का हिसाब नहीं मिला है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसरा गृह के बैंक खाते में चार लाख रूपये बचे हैं जबकि शेष राशि का हिसाब नहीं मिल सका है सिटी एसपी डी अमरकेश ने बताया कि जांच के दौरान कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए है जिनका जिक्र एफआईआर में नहीं है भोजपुर जिले के बिहियां में एक छात्र की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुये कहा है कि डांसरों ने मिलकर छात्र की हत्या की थी साक्ष्य मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंकने का प्रयास किया गया था एस पी अवकाश कुमार ने बताया कि तय पैसे से अधिक पैसे मांगने को लेकर हुये विवाद में चार लोगों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया था उन्होंने बताया कि मामले में दो महिलाओं और दो पुरूषों की गिरफ्तारी हुई है इधर इसी मामले में आक्रोशित भीड़ द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र घुमाये जाने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है एएसपी मंजीत कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों के घर की कुर्की के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जायेगा रेलवे ने ग्रूप डी परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है इन पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित जांच परीक्षा सत्रह सितम्बर से शुरू होगी परीक्षा के शहर तिथि और पाली की सूचना परीक्षा शुरू होने से दस दिन पहले दी जायेगी बिहार लोक सेवा आयोग ने खनिज विकास पदाधिकारी के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है अंतिम रूप से बारह अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तर प्रदेश से जुड़े बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है विभाग ने कहा है कि मॉनसून ट्रफ लाईन उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है जिस कारण इन इलाकों में बारिश की सम्भावना बनी हुई है वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में तीस अगस्त तक हल्की बारिश होगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम चम्पारण के गौनाहा में सबसे अधिक सत्तर मिलीमीटर बारिश हुई वहीं बक्सर में साठ मोतिहारी में पचास औरंगाबाद और रोसड़ा में चालीस चालीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी हज़ यात्रा सम्पन्न होने के बाद कल से हाजियों के आने का सिलसिला शुरू हो जायेगा हज यात्रियों का पहला जत्था कल दोपहर सवा दो बजे गया हवाई अड्डे पहुंचेगा

हज यात्रियों का अंतिम जत्था ग्यारह सितम्बर को पहुंचेगा नवम्बर महीने से शिक्षकों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जायेगा शिक्षा सचिव आरएल चौंग्थू ने बताया कि यह व्यवस्था पुराने और नियोजित शिक्षकों दोनों के लिए लागू होगी उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीडीई होंगे जिनके माध्यम से शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जायेगी मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बेहतर काम करने वाले पैक्सों को पुरस्कृत किया जायेगा इसके लिए राज्य और अनुमंडल स्तरों पर पैक्स का चयन होगा इसके लिए पैक्स बीस सितम्बर तक आवेदन दे सकते हैं पटना जिले के पटना बख्तियारपुर फोरलेन पर एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटो के दौरान हुए सड़क हादसों में दो महिला सहित चार लोगों की मौत की खबर है वहीं मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के बेल्हवार के पास एक पिकअप वैन की चपेट में आने से सारण में पदस्थापित अवर निरीक्षक की मौत हो गयी इधर नालंदा जिले के पंडितपुर गांव में दो मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये अरवल जिले के मेहंदिया स्थित पहलेजा मार्केट में अपराधियों ने गार्ड और एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर तीन लाख रूपये लूट लिये घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में चार वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी मोहम्मद धन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के डायन छपरा गांव में आपसी विवाद में अपराधियों ने एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी मधुबनी जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड मोहल्ला में पुलिस ने छापेमारी कर नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा शुभ संकेत दैनिक जागरण की खबर है ऑनलाईन एफआईआर पूरे देश में शुरू करने की तैयारी दैनिक भास्कर ने आईआईटी पटना के छात्रों द्वारा आर्टिफिशियल हैंड बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है पीटी उषा के बत्तीस वर्ष बाद दुती चंद ने सौ मीटर में देश को दिलाया रजत पदक राष्ट्रीय सहारा लिखता है पीयू में जल्द खुलेगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आज की सुर्खी है इंटर कम्पार्टमेंटल में अड़तीस दशमलव सात आठ प्रतिशत पास